कोरानाकाल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज किया जायेगा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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

पहली बार पेपर लैस बजट पेश किया गया

बजट में श्री गहलोत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष से राज्य का कृषि बजट अलग से पेश करने की घोषणा की

इसमें पश् पालकों को भी शामिल किया गया जाएगा बजट में किसानों की बिजली के लिए अलग से बिजली वितरण कंपनी बनाने और सीधे फायदे के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का ऐलान किया इसमें एक की बजाय दो महीनों में बिल भेजे जाएंगे

इससे प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपए की स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ लागू करने की घोषणा की मॉडल को प्रभावी बनाये जाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राईट द हैल्थ बिल भी लाये जाने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री ने सभी संभाग मुख्यालयों पर चरणबद रूप से पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोलने की घोषणा की

श्री गहलोत ने प्रदेश के युवाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की

बजट भाषण में कोई नया टैक्स नहीं लगाया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अच्छे वित्तीय प्रबंधन के करण जनकल्याणकारी बजट पेश हुआ है बजट के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट में हर क्षेत्र को राहत देने की कोशिश की गई है

दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बजट में सरकार ने घोषणाएं कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया है लेकिन बजट में यह नही बताया गया कि इन घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बजट में घोषणाएं काफी की गई है लेकिन अधिकतर योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बजट को गरीबों और जनसामान्य का हितैषी बताया उद्यमी अजय डाटा ने बजट का स्वागत करते हुये कहा है कि टैक्नोलोजी जुड़ी घोषणा से लोगों को रोजगार मिलेगा

इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी